स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों का रेड ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन क्षेत्रों में लोगों के एकत्र होने को छोड़कर व्यवहारिक रूप से रोजमर्रा की सभी गतिविधियों की अनुमति होगी संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई रेल मेट्रो और अंतर्राजीय परिचालन पर रोक रहेगी स्कूल और शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी ग्रामीण इलाकों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट भट्टे शामिल है सूचारु रूप से कार्य कर सकेंगे सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है बाजार परिसर और कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अब खोले जा सकेंगे केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर लागू होगी जो पूर्णबंदी से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने उनसे फंसे हुए संकटग्रस्त लोगों के आवागमन को सूगम बनाने का अनुरोध किया है

यह उनके तथा उनके परिवार और समाज के लिये जरूरी है श्री पाल ने जिला प्रशासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बांटे जाने के लिये पांच हजार गमछे तथा इतनी ही संख्या में सैनिटाइजर उपलब्ध कराये गुह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का उपयोग पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जा रहे वाहनों की आवागमन से संबंधित विषयों और शिकायतों के समाधान के लिए किया जायेगा

लॉकडाउन के मद्देनजर स्थापित किए गए इस चौबीस घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष का उपयोग ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे इस वर्चअल सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा की जाएगी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्रध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के इस विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन अजरबेजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेफ की पहल पर हो रहा है अजरबेजान इस समय गुटनिरपेक्ष आंदालन का अध्यक्ष है

गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के अलावा देशों का सबसे बड़ा समूह है जिसमें एशिया अफ्रीका और लैटिन अमरीका के एक सौ बीस सदस्य देश हैं

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिल गुर्तू इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे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

कर्नाटक केरल एवं पंजाब सहित अन्य प्रदेशों से भी प्रवासी मजदूरों को लाने की कार्यवाही प्रगति पर है विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी कामगारो को क्वारंटीन सेन्टर भेजते हुए वहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा

उन्होंने बताया कि राशन कार्ड की नेशनल पोर्टेबिलिटी योजना का लाभ उठाकर विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों ने खाद्यान्न प्राप्त किया

मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन सेन्टर तथा शेल्टर होम में लोगों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं बच्चों के टीकाकरण कार्य से जुड़े पैरामेडिकल स्टाफ को मास्क ग्लव्स तथा सेनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है

उन्होंने कहा कि दुनियाभर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है एक निजी टीवी समाचार चनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है

उन्होंने कहा कि अब तक दस लाख लोगों का कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में एक सौ तीस हॉट स्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन एक लाख सैंपल जांच करने की योजना है प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्याधिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम बहाल करने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये हैं

प्रत्येक हॉट स्पॉट में प्रत्येक घर में हर व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अब अनिवार्य होगा जिला प्रशासन पुलिस और सीएमओ की टीम इसको चेक करेगी अगर कहीं किसी को डाऊनलोड में समस्या होती है या सिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो सिखाने में भी सहयोग किया जाएगा कंटेनमेंट जोन में सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर केस की कान्टेक्ट मैपिंग की जाएगी रोगी से मिलने वालों की कान्टेक्ट ट्रेंसिंग करना हर केस में अनिवार्य होगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन धन खाता धारकों से अपील की है कि वे रुपे कार्ड का प्रयोग कर धन निकासी करें जिससे बैंकों में भीड़ नहीं लगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज आंधी और बारिश के साथ ओले भी पड़े